एन डी ए ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिये अपना उम्मीदवार बनाया है लोकसभा के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण आज द्रसरे दिन भी जारी रहा हरियाणा प्लिस के महानिदेशक मनोज यादव ने आई पी एस के प्रशिक्षु अधिकारियो को पेशेवर प्लिस प्रथायें अपनाने का आहवान किया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी टी वी चैनलों को नृत्य से ज्ड़े कार्यक्रमों से छोटे बच्चों केा उपय्क्त रूप से दिखाये जाने के लिये परामर्श जारी किया है मंत्रालय ने परामर्श में कहा गया है कि विभिन्न नृत्य पर आधारित कार्यक्रमों में छोटे छोटे बच्चे ऐसी म्द्रायें करते देखे गये है जो व्यस्कों द्वारा फिल्मों और अन्य मनोरंजन के कार्यक्रामें में किये जाते है ये मुद्राये उनकी आयु को देखते हये उचित नहीं है उनमे ये भी कहा गया है कि इन मुद्राओं से बच्चों पर छोटी उम्र में तनावपूर्ण असर होता है मंत्रालय ने कहा कि सभी निजी टी वी चैनलों से आशा की जाती है कि वे केवल टैलीविज़न नेटवर्क नियमन कानून के तहत कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं में निर्धारित प्रावधानों का पालन करें नियमों के अन्सार टी वी पर ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं दिखाया जाना चाहिए जिसमें बच्चों को आशोभनीय ांग से पेश किया जाये और बच्चों से जुड़े इन कार्यक्रमों में अनुचित शब्दावली को प्रयोग और हिंसात्मक दृश्यों को नहीं दिखाया जाना चाहिए इसी के मद्देनज़र मंत्रालय ने सभी निजी चैनलों को नृत्य क कार्यक्रमों में बच्चों को अशिष्ट एवं अन्चित पंग से दिखाये जाने से रोकने के लिये परामर्श जारी किया है चैनलों को इस प्रकार के कार्यक्रमों दिखाते हये नियंत्रण संवेदनशीलता और सावधानी बरतने की हिदायत दी है भारतीय जनता पार्टी के सांसद ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए की ओर से उम्मीदवार है श्री बिरला राज्स्थान के कोटा में दो बार चुने गये सांसद है गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिये नामांकन भरे जा रहे है और चुनाव के लिये कल का दिन निर्धारित किया गया है हरियाणा पर्यटन विभाग के अध्यक्ष जगदीश चोपड़ा ने कहा है कि योग का अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने पर भारत का मान द्निया में बढ़ा है संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों में योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने से भारत की पहचान विश्व ग्रू के रूप् में हई है

श्री चोपड़ा ने कहा कि योग देश की बड़ी उपलब्धि है ये धर्म विशेष का न होकर सभी धर्मो को एक साथ लेकर चलने वाला अभियान है उन्होंने कहा िक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है जो अपने आप में अनूठी और महत्वपूर्ण उपब्धि है पूरी द्रनिया ने आज योग का महत्व जाना है और इसे अपनाने के लिये आगे आये है योग हमारी प्राचीन संस्कृति और धरोहर है विश्व स्तर पर इसे मनाया जाना हमो लिये गौरव की बात है लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण आज दूसरे दिन भी जारी रहा

महत्वपूर्ण सांसदों में भाजपा के ओम बिरला राज्यवर्धन राठौर व सनी देओल कांग्रेस के कार्ती चिदम्बरम और मनीष तिवारी डीएमके नेता ए राजा और र्कणमोई समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और ए जे एम आई एम के सांसद असद उद दीन ओवेसी शामिल है सदस्यों ने अंग्रेजी हिन्दी सहित तमिल तेलगु पंजाबी नेपाली और उब्रिया जैसी कई स्थानीय भाषाओं में शपथ ली कार्यवाहन अध्यक्ष डा विरेन्द्र क्मार ने सदस्यों को शपथ दिलाई

प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते श्री यादव ने प्लिसिंग और जन सेवा बारे महत्वपूर्ण सुझाव दिए और कहा कि एक प्लिस अधिकारी के तौर पर उन्हें जरूरतमंद व गरीब को न्याय प्रदान करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होगें सभी अधिकारी जिस भी जगह जाएं अपनी बेहतरीन सेवाएं देकर जरूरतमंद और गरीब लोगों को लाभ पहुचाएं उन्होंने प्रशिक्ष् अधिकारियों से पेशेवर प्लिस प्रथाओं को अपनाने के लिए भी कहा ताकि प्लिस सेवा में बेहतर तरीके से कार्य करते हुए न्याय उपलब्ध करवाया जा सके बातचीत के दौरान प्लिस महानिदेशक ने फील्ड में रहते हुए प्लिसिंग के विभिन्न पहल्ओं पर अपने अन्भव साझा किए उन्होंने सभी अधिकारियों से पोस्टिंग के बाद अपने अपने स्थानों पर उत्साह निष्ठा ओर समर्पित भाव से बेहतर कानून व्यवस्था स्निश्चित करते हए जनता विशेषकर महिलाओं और बच्चों की स्रक्षा के प्ख्ता प्रबंध करने का आहवान किया

हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव केसनी आनंद अरोड़ा ने कहा कि आपदा कभी भी समय बताकर नहीं आती और हमें हमेशा आपदा को लेकर सतर्क रहना पड़ता है ऐसे में सभी जिला उपाय्क्त यह सुनिश्चित करें कि आपदा प्रबंधन को लेकर जागरूकता के साथ साथ सभी तैयारियां पूरी हों श्रीमती आनंद आज आपदा प्रबंधन को लेकर एनसीआर के सभी जिलों सोनीपत झज्जर ग्रूग्राम के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थी

ऐसे में यहां हमें हर समय भ्कंप जैसी आपदाओं को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता होती है उन्होंने निर्देश दिए कि जिलों में जो भी साधन उनके पास उपलब्ध हैं उन्हें हमेशा तैयार रखें इनेलो स्प्रीमो चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने आने वाले विधानसभा च्नावों को ध्यान में रखते हए पार्टी के प्नर्गठन की प्रक्रिया में राज्य कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची भी जारी की है राज्य कार्यकारिणी में लोहारू से विधायक ओमप्रकाश गोरा व सतपाल ग्प्ता तरावड़ी को महासचिव और रवि महमीया को सचिव निय्क्त किया है कर्मचारी प्रकोष्ठ की राज्य कार्यकारिणी में प्रधान महासचिव के लिए बलदेव घनघस को जिम्मेदारी दी है अम्बाला में आज छठे गुरू श्री हर गोबिंद साहिब के प्रकाश उत्सव पर विभिन्न ग्रूदवारों में दीवान सजाये गये स्बह संगतों ने ग्रूदवारा साहिब में माथा टेका और विभिन्न ग्रूदवारों मे ग्रू का अट्ट लंगर बरताया गया

ये जानकारी देते हये टी पी सिंह ने बताया कि अवसरपर मध्मेह तथा रक्त में होमोग्लोबिन के स्तर की जांच भी मुफ्त की गई शिविर में एसएमओ संतपाल वर्मा की अग्वाई में चल रहे नागरिक अस्पताल अम्बाला छावनी की टीम द्वारा रकत एकत्रित करने का कार्य गया